प्रधानमंत्री ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में भाग लेकर आज अपना जन्मदिवस मनाया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार सरोवर बांध को पूरा करने की सफलता का श्रेय लाखों लोगों को जाता है और अब यह लोगों की जिम्मेदारी है कि बांध के पानी का किफायती इस्तेमाल करें प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं और आगे भी लोगों की भलाई के लिए इसी गति से काम किया जाएगा बधाई इधर प्रदेश में प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में स्वच्छता अभियान की शुरूआत की उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन मरीज़ों को फल व मिठाईयां भी बांटी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके खुशहाल और समृद्ध जीवन की कामना की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व में एक मज़बूत और सशक्त देश बनकर उभरा है वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लोकेन्द्र शर्मा ने मुख्यमंत्री से अस्पताल के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मंडी जिले में नाचन क्षेत्र के चैल चौक में देवदार का पौधा रोपित किया उन्होंने नागरिक चिकित्सालय गोहर में रोगियों को फल भी वितरित किए

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला में जाखू स्थित पौराणिक हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये धार्मिक स्थल आस्था का केन्द्र होने के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है राज्यपाल ने कहा कि यहां आने वाले श्रद्वालुओं और पर्यटकों के लिए भविष्य में और अधिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी अभियान भारतीय जनता पार्टी देशभर में पहली सितम्बर से राष्ट्रीय एकता अभियान चला रही है

आर्थिक गणना चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने लोगों से सातवीं आर्थिक गणना के लिए सही सूचना प्रदान करने का आग्रह किया है

उपायुक्त ने सभी खंडविकास अधिकारियों को लोगों आर्थिक गणना के बारे में जागरूक करने के निर्देश भी दिए चिकित्सा शिविर जनजातीय विकास मंत्रालय और जनजातीय विकास विभाग के सहयोग से लाहौल स्पिति जिले के क्षेत्रीय अस्पताल केलंग में स्वयंसेवी संस्था अभयुदय द्वारा बहु चिकित्सीय शिविर लगाया गया है

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने बताया कि जिले में पहली बार इतने बड़े स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर वर्ष इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं रहेगी

वाहन में दो लोग सवार थे जबकि रास्ते से गुजर रही एक महिला भी इस वाहन की चपेट में आ गई

सौर ऊर्जा राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं